हालांकि न्यायालय ने इसके अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

उन्होंने कहा कि ऐसे चार निर्णय हुए है जिनके अनुसार अधिसूचित किए जाने के बाद किसी भी कानून पर स्थगन आदेश नहीं लिया जा सकता नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक उत्तर मांगा है शीर्ष न्यायालय की एक पीठ ने उनसठ याचिकाओं पर यह आदेश दिया इस याचिकाओं पर सुनवाई अगले महीने की बाईस तारीख को होगी ऑयल इंडिया लिमिटेड को अरुणाचल प्रदेश ने सात नई ब्लॉक्स और मौजूदा जयरामपुर ब्लॉक के रुप में एक ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस दिए राजधानी ईटानगर में बुधवार को मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के जनरल मनेजर इंद्रजीत बरुआ को लाईसेंस सौंपा ऑयल इंडिया को सौंपे अन्वेषण ब्लॉक चांगलांग तिराप लोहित ईस्ट सियांग वेस्ट सियांग और लोअर दिवांग वैली जिलों में फैला हुआ है मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने कल राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात की इस दौरान राज्यपाल ने मुख्य मंत्री के साथ विभिन्न कार्यक्रमों स्कीमों और परियोजनाओं की समीक्षा की और साथ ही समृद्ध और विकसित अरुणाचल की अपनी दर्शन श्री खांड् के साथ सांझा किया बैठक में सड़क पर्यावरण रोजगार कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित अड़तीसवां जी एस टी परिषद बैठक में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों सहित अरुणाचल प्रदेश उपमुख्यमंत्री चाउना मैन ने भी भाग लिया बैठक में श्री मैन ने राज्य में इंटरनेट कनेक्शन और बिजली के मुद्दे की समस्या के कारण राज्य सरकार द्वारा उचित तरीके से जी एस टी कार्यान्वित न कर पाने की समस्या को सामने रखा उन्होंने कहा कि चूंकि जी एस टी अधिदेश के मुताबिक सभी डी डी ओ को पंजीकरण कर इलेक्ट्रॉनिक रुप से रिटर्न दाखिल करना होता है लेकिन राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी की खराब हालत के कारण सही ढंग से इस प्रक्रिया को कार्यान्वित नही कर पा रहे है श्री मैन ने कहा कि वस्तु और सेवा कर राज्य के लिए राजस्व संग्रह करने का सकारात्मक जरिया बना उन्होंने कहा कि जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ ही राज्य में कर संग्रह करने में वृद्धि हुई है

कार्यक्रम में श्री पर्टिन ने एक ड्राविंग लाईसेंस और दो लरनर्स लाईसेंस आवेदको को वितरित किए कार्यक्रम में शरिक होते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि सारथी परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई गोवरनेंस फ्लेगशिप परियोजना है उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लरनर्स लाईसेंस ड्राविंग लाईसेंस कंडक्टर लाईसेंस एवं ड्राविंग स्कूल लाईसेंस एन ओ सी इत्यादि की प्रक्रिया को यंत्रचालित करना है प्रदेश महिला आयोग ने कल मुख्य मंत्री पेमा खांडू से मुलाकात कर महिला आयोग के कार्यालय की स्थिति से अवगत कराया आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को विस्तृत करने के चलते सी सेक्टर स्थित आयोग के कार्यालय अनिश्चित स्थिति में है श्री खांडू ने संबद्ध विभाग के साथ समस्या को जल्द उठाने का आश्वासन देते हुए कहा कि महिला आयोग बिल्डिंग की मरम्मत करने के खर्च को राज्य सरकार वहन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने खोज किये गए नये सितारों और ग्रहों के नामों की घोषना की है एक तारे का नाम शारजाह और एक ग्रह का नाम बरजील रखा गया है यह घोषणा संघ ने कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में की वस्तु और सेवा कर जी एस टी परिषद ने सरकारी और निजी लॉटरी पर अटटाईस प्रतिशत कर की समान दर तय की है परिषद ने बुने और गैर बुने थैलों पर जी एस टी दर को तर्कसंगत बनाते हुए इसे अट्ठारह प्रतिशत तय किया है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में परिषद की अड़तालीसवीं बैठक के बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने बताया कि नई दरें अगले वर्ष पहली मार्च से लागू हो जाएंगी पहली बार जी एस टी परिषद को सरकारी तथा निजी लॉटरियों पर समान दर रखने के मुद्दे पर वोट से फैसला करना पड़ा इससे पहले परिषद की सैंतीस बैठकों के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे जी एस टी परिषद ने औद्योगिक और वित्तीय संरचना संबंधी भूखण्डो के लिए की जाने वाली लंबी अवधि की लीज राशि के अग्रिम भूगतान में भी छूठ देने का निर्णय किया है यह छूट उनको मिलती थी जिनकी पचास प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी थी यह छूट पहली जनवरी से लागू हो जायेगी जी एस टी परिषद ने करदाताओं की शिकायतें दूर करने के लिए मंडल और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति बनाने की भी सिफारिश की